सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद प्रदेश के लोगों में उत्साह का माहौल राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया

और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज रात से बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले हिस्सों में कल भारी हिमपात जबकि निचले हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई धन्यवाद प्रस्ताव बजट सत्र के तीसरे दिन आज विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और अन्य विधायी कार्य प्रे किये गए इस बीच जिला विकास प्राधिकरणों के सवाल पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव के चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित रही

जिस पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने आपत्ति जताई और कहा कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है और इस संबंध में सर्वदलीय समिति बनी जो सदन को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है बजट सत्र राज्य विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय कार्यमंत्रणा बैठक के बाद लिया गया है

इसी दिन विभागवार बजट पेश किया जाएगा

इसी दिन बजट सत्र का समापन होगा उत्साह गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद प्रदेश के लोगों में उत्साह का माहौल है राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज लोगों ने एकत्रित होकर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का जश्न मनाया और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया विभिन्न स्थानों पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए और मिठाईयां बाटते हुए नजर आए

इस मौके पर स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया श्री रावत ने कहा कि उतराखण्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना और वहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य के लिए प्रतिबद्ध है

नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने यह जानकारी दी उधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए परामर्श जारी करके विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्र न करने की सलाह दी है बच्चों में बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरन्त परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है मंत्रालय ने माता पिता से ऐसे बच्चों को चिकित्सक के अगले परामर्श तक स्कूल नहीं भेजने को कहा है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को परीक्षा हॉल में मास्क और सेनिटाइजर लाने की अनुमति दी है

इस बीच उत्तराखण्ड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य सचिव को प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है ईपीएफओ कर्मचारी निधि कोष संगठन ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज दर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर आठ दशमलव पांच प्रतिशत कर दिया है श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह घोषणा की बैठक हरिद्वार जिले में कुंभ मेले के लिए तैयारियां की जा रही हैं इसी संबंध में आज पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मेले से संबंधित जानकारियां प्राप्त की उन्होंने जिला प्रशासन मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आपसी भागीदारी निभाते हुए कुंभ मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने को कहा महानिरीक्षक ने सुझाव दिया कि सरकारी तंत्र में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव और अनुभव आगामी कुम्भ को सफल बनाये जाने के लिए आमंत्रित किये जाए उन्होने मेला प्रशासन के साथ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रणनीति बनाने को भी कहा मौसम प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने का अनुमान है

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी हिमपात हो सकता है और निचले हिस्सों में तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है इस बीच आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई

इसी संस्थान में कई महिलाएं और लड़कियां उन लोगों को आईना दिखा रही हैं जिनके पास आंखें हैं जो देख सकते हैं कोई बैंक में नौकरी हासिल कर चुकी हैं तो कोई एनआईवीएच में पढ़ाई करने आई थीं लेकिन अपने हुनर और मेहनत के दम पर वहीं नौकरी हासिल कर ली ये महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं मूल रूप से बनारस की रहने वाली कल्पना कसेरा जन्म से ही दृष्टि दिव्यांग हैं आंखों से दिव्यांगता तो थी ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी उन्होंने ना तो अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी बनने दिया और ना ही आर्थिक कमजोरी को आड़े आने दिया कल्पना ने ठाना कि उनको कुछ कर दिखाना है अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की

साथ ही अपनी जैसी कई लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं

राज्य पर्यटन विभाग और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल से आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत सहित इण्डोनेशिया ईरान मलेशिया नेपाल मालद्दीप वियतनाम और थाईलैण्ड के प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है इस संबंध में बागेश्वर में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था और रूट मैप सहित सभी व्यवस्थांए पूरी करने के आदेश दिए